लॉकडाउन के दौरान प्रदेश की सभी उचित मूल्य की दुकानें अब दिनभर खुली रहेंगी

ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने लोगों को याद दिलाया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ राष्ट्र के सामूहिक संकल्प के लिए आज रात नौ बजे उन्हें दीये जलाने हैं श्री मोदी ने शुक्रवार को लोगों से ऐसी ही अपील की थी इसका उद्देश्य कोरोना वायरस को हराने के लिए राष्ट्र की सामूहिक शक्ति प्रदर्शित करना है

प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि दीया जलाते समय एक दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाए रखें घर के भीतर रहें और समूह में एकत्र न हों नागरिकों को सलाह दी गई है कि आज रात दीया और मोमबत्ती जलाते समय अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का उपयोग न करें क्योंकि यह अत्यधिक ज्वलनशील होता है भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आज रात नौ बजे नौ मिनट तक बिजली बंद कर दीया मोमबत्ती टॉर्च और मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाने की अपील का स्वागत किया है कोरोना बिजली स्पष्टीकरण केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि आज रात नौ बजे घरों की बत्तियां बंद होने के दौरान ग्रिड की स्थिरता बनाए रखने के सभी इंतजाम किए गए हैं बिजली मंत्रालय का यह स्पष्टीकरण इन अटकलों को देखते हुए आया है कि बत्तियां बंद करने के दौरान ग्रिड में अस्थिरता आ सकती है और बिजली उपकरणों को नुकसान पहुंच सकता है मंत्रालय ने कहा है कि देश के बिजली ग्रिड बहुत मजबूत और स्थिर हैं मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री ने रात नौ बजे से नौ मिनट के लिए घरों में केवल बत्तियां बंद करने की अपील की है सड़कों और गलियों की लाइटें जलती रहेंगी कम्प्यूटर टेलीविजन पंखे और फ्रिज जैसे घरेलू बिजली उपकरण बंद करने के लिए नहीं कहा गया है इधर छत्तीसगढ़ में ऊर्जा विभाग ने आज रात नौ बजे निर्बाध बिजली आपूर्ति और संभावित ब्लैक आउट की स्थिति को टालने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं सभी शासकीय अशासकीय और निजी संस्थाओं के अलावा अस्पताल स्वास्थ्य केन्द्र पुलिस स्टेशन दवाई द्रकान आपात सेवा और सरकारी दफ्तरों की बिजली चालू रहेगी कोरोना आयुष्मान केन्द्र सरकार ने कहा है कि पचास करोड़ से ज्यादा गरीब और कमजोर नागरिक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कोरोना वायरस की जांच और इसका इलाज करा सकेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस बारे में बताया कि वायरस की जांच के लिए अधिकृत निजी प्रयोगशालाएं और इलाज के लिए अस्पताल अब आयुष्मान लाभार्थियों के लिए मृफ्त उपलब्ध रहेंगे उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र को कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रमुख भागीदार के रूप में काम करना चाहिए उन्होंने निजी प्रयोगशाला और अस्पतालों से सक्रिय योगदान करने की अपील की कोरोना संक्रमण प्रबंधन केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने लॉकडाउन का कड़ाई से पालन की आवश्यकता बताई और कहा कि यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए कैबिनेट सचिव ने आज छत्तीसगढ़ सहित सभी राज्यों के मुख्य सचिव स्वास्थ्य सचिव पुलिस महानिदेशक के अलावा कलेक्टर पुलिस अधीक्षक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना वायरस की रोकथाम के संबंध में समीक्षा की छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव आरपी मंडल ने बताया कि प्रदेश में अभी तक पंद्रह सौ नब्बे लोगों की जांच की गई है इसमें दस मामले पॉजीटिव पाए गए हैं जिनमें से सात मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है कोरोना मास्क केन्द्र सरकार ने लोगों से कहा है कि कोरोना वायरस को दूर रखने के लिए घर में बने मास्क पहनकर निकलें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक परामर्श में लोगों को कहा है कि चेहरे को मास्क से ढककर रखें और खासतौर पर घर से बाहर निकलते समय इसे पहनकर निकलें परामर्श में कहा गया है कि संक्रमण रोकने के लिए एक दूसरे से दूरी और व्यक्तिगत साफ सफाई बनाए रखना बहुत जरूरी है कुछ देशों में घर में बने मास्क से चेहरा ढकना आम लोगों के लिए मददगार साबित हो रहा है घर में बने मास्क व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने में भी मदद करते हैं मंत्रालय ने कहा कि इस प्रकार के मास्क समुदाय को बड़े पैमाने पर सुरक्षित रखने में सहायक होंगे कोरोना क्वारेंटाइन स्वास्थ्य सचिव निहारिका बारिक सिंह ने समुदाय स्तर पर कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए होम क्वारेंटाइन में रखे गए लोगों से नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है उन्होंने कहा है कि बीते अटठाईस दिनों में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय यात्रा से छत्तीसगढ़ आए लोगों को ऐहतियात के तौर पर होम क्वारेंटाइन में रखे जाने का आदेश दिया गया है तथा उनके घर के सामने दरवाजों पर स्टीकर भी लगाए गए हैं होम क्वारेंटाइन में रखे गए लोगों की यह जिम्मेदारी है कि वे अपने घर परिवार के लोगों परिचितों मित्रों और मोहल्ले के लोगों को इस महामारी से बचाने के लिए दूरी बनाए रखें और घर से बाहर न निकलें स्वास्थ्य सचिव ने पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर क्वारेंटाइन में रखे गए लोगों को नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिए संबंधित थाना प्रभारियों को निर्देशित करने का भी आग्रह किया है

प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित दस मरीजों की पुष्टि हुई थी इनमें से सात मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं बाकी तीन कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज अस्पताल में चल रहा है इस बीच रायपुर के सांसद सुनील सोनी ने एम्स रायपुर के प्रबंधन और डॉक्टरों के साथ चर्चा कर मरीजों के बेहतर इलाज के लिए उनके प्रति आभार जताया कोरोना उचित मूल्य दुकान कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए किए गए लॉकडाउन के दौरान प्रदेश की सभी उचित मूल्य की दुकानें अब दिनभर खूली रहेंगी खाद्य विभाग ने सभी कलेक्टरों को कोरोना वायरस के प्रसार पर रोक लगाने के लिए मास्क हैण्ड सैनेटाईजर साबुन आदि सामग्रियों को उचित मुल्य की दुकानों के माध्यम से विक्रय करने के निर्देश दिए हैं राशन दुकानों से सामग्री वितरण के दौरान निर्देश दिए गए हैं कि हितग्राही लाईन लगाकर सामग्री लें और उनके बीच कम से कम एक मीटर की दूरी रहना जरूरी है साथ ही चेहरे को ढकने के लिए सामान्य सर्जिकल मास्क या रूमाल का उपयोग करने को भी कहा गया है

लॉकडाउन के दौरान खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग की पहल पर खुदरा दवा व्यापारी अब घर पहंच सेवा उपलब्ध करा रहे हैं विभाग के मुताबिक लॉकडाउन की अवधि में उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दवाओं की खुदरा बिक्री आवश्यक है इसके तहत व्यापारियों ने घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराने की सहमति दी है विभाग ने रायपुर जिले के अंतर्गत खुदरा दवा व्यापारियों और उनके फर्म के नाम मोबाइल नंबर व्हाट्सअप और ई मेल का पता भी जारी किए हैं

मुंगेली जिले से रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों को राहत पहंचाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा विशेष कार्ययोजना बनाकर मॉनिटरिंग सेल का गठन किया गया है जिला प्रशासन द्वारा अब तक चौदह सौ बहत्तर मजदूरों की पहचान कर करीब पौने दो लाख रूपये की राहत राशि उनके बैंक खातों में जमा करा दी गई है वहीं बीजापुर जिले में सीमावर्ती राज्यों से आए लगभग सैंतीस हजार लोगों को आईसोलेशन में रखा गया है इनमें से आठ लोगों के सैंपल कोरोना जांच के लिए मेडिकल कॉलेज जगदलपुर भेजे गए हैं इधर जांजगीर चांपा जिले के तहसील मुख्यालयों में जरूरतमंदों की सहायता के लिए अनाज बैंक शुरू किया गया है इसमें स्वयंसेवी संस्थाओं और नागरिकों द्वारा खाद्य सामग्री राशन और अन्य वस्तुओं का दान किया जा रहा है दुर्ग जिले के भिलाई नगर निगम द्वारा भिलाई के एक निजी महाविद्यालय में धनबाद से आकर पढ़ाई कर रही छात्राओं को राशन सहित अन्य जरूरत की सामग्री उपलब्ध कराई गई है वहीं निगम की टीम द्वारा आज किराना द्वकानों का निरीक्षण किया और अधिक कीमत पर सामग्री बेचने वाले दुकानदारों से पंद्रह हजार रूपये का जुर्माना वसूला गया

कलेक्टर डोमन सिंह ने लोगों से अनाज बैंक में अन्नदान करने की अपील की है कबीरधाम जिले की पंडरिया पुलिस ने एक नई मुहिम शुरू की है जिसका नाम अब घर बैठे फाइट करेगा पंडरिया रखा गया है इसके तहत नागरिक घर में रहते हुए खुशियों वाली स्वयं और परिवार की फोटो को अपने नाम के साथ व्हाट्सअप नंबर पर भेज रहे हैं जांजगीर चांपा पुलिस ने रक्षासर्व ऐप बनवाया है जो होम क्वारेंटाइन में रह रहे व्यक्ति की पूरी जानकारी देगा इस ऐप की खास बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति घर से दो सौ मीटर बाहर जाएगा तो ऐप के डैशबोर्ड में इसकी जानकारी मिल जाएगी इसी तरह रायगढ़ जिले में पुलिस द्वारा लॉकडाउन के दौरान अभियान चलाकर लोगों को घर में ही रहने की समझाईश दी जा रही है इधर सरगुजा रेंज के आईजी रतनलाल डांगी ने लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर बेवजह घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस अधीक्षकों को दिए हैं उधर रायपुर जिले की नगर पंचायत खरोरा में जीएमआर कंपनी द्वारा फायर ब्रिगेड की मदद से नगर के सार्वजनिक स्थलों को सेनिटाईज किया गया है कोरोना खाद्यान्न आवंटन कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान बेसहारा लोगों के लिए विभिन्न जिलों में संचालित राहत शिविरों में भोजन व्यवस्था के लिए रियायती दर पर दो सौ उनतालीस क्विंटल चावल का आवंटन जारी किया गया है प्रदेश के सभी जिलों में गरीबों मजदूरों और बेसहारा लोगों को निःशुल्क भोजन तथा राहत पहुंचाने का कार्य भी युद्धस्तर पर चल रहा है राहत शिविरों के माध्यम से अब तक दो लाख छत्तीस हजार जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क भोजन और राशन उपलब्ध कराया गया है शिविरों में लोगों को मास्क सैनिटाईजर और दैनिक जरूरत का सामान भी उपलब्ध कराया जा रहा है खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश की सभी उचित मूल्य की दुकानों में चावल भंडारण का कार्य भी लगभग पूर्णता की ओर है इसी तरह प्रदेश के स्कूलों में अवकाश अवधि के दौरान बच्चों के मध्यान्ह भोजन के लिए सूखा राशन का वितरण शुरू कर दिया गया है कोरोना चिकित्सक प्रशिक्षण कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए प्रदेश के सभी शासकीय अस्पतालों में पदस्थ विशेषज्ञ डॉक्टरों को तीन दिन का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा राजधानी रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कोर कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया इसके तहत प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में पदस्थ विशेषज्ञ डॉक्टरों को यह प्रशिक्षण छह से आठ अप्रैल तक हेल्थ ट्रेनिंग एशिया फोर्टिज गुड़गांव द्वारा ऑनलाइन दिया जाएगा संक्षिप्त समाचार राज्यपाल अनुसुईया उइके ने जैन धर्म के चौबीसवें तीर्थंकर महावीर स्वामी की जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं राज्य शासन ने राज्य पुलिस सेवा के एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और तेरह उप पुलिस अधीक्षकों की नई पदस्थापना की है सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम देवगढ़ में एक युवक ने चार लोगों की हत्या कर दी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है राजनांदगांव जिले के मोहला थाना क्षेत्र के बोटेझर नाला के पास मोटरसाइकिल के अनियंत्रित होकर पलट जाने से एक शिक्षक की मौत हो गई बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड की प्राथमिक शाला चुमरा प्राथमिक शाला मझौली और पूर्व माध्यमिक शाला ड्रमरपान में पदस्थ चार शिक्षकों को अनाज वितरण में अनियमितता बरतने के आरोप में निलंबित किया गया है कांकेर जिले में भी मध्यान्ह भोजन के सुखा राशन वितरण में लापरवाही बरतने के आरोप में बड़ेपिंजोडी स्कूल के एक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है कोंडागांव जिले में कुल्हाड़ गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग तीस पर बीते शुक्रवार को गैस सिलेंडर से भरा एक वाहन पलट गया था जिसे आज हटाकर इस मार्ग पर यातायात को बहाल कर दिया गया है